मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महिला सशक्तिकरण और बेटियों के संवर्द्वन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया इस योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म होने से लेकर उसके बालिग होने तक शिक्षा के लिये अलग अलग किश्तों में कुल पन्द्रह हजार रूपये बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे लाभार्थियों के खाते में एक क्लिक के जरिये पैसे ट्रांसफर किये इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कन्या सुमंगला योजना का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा जिनकी भारतीय परम्परानुसार नारी सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका है इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र लड़कियों के खाते में चरणबद्ध तरीके से सीधे पैसे डालेगी ये पैसे तब डाले जायेंगे जब लड़की का टीकाकरण कक्षा एक पांच और नौ तथा स्नातक में प्रवेश जैसी उपलब्धि को हासिल कर लेगी इस मौके पर श्री योगी ने कन्या सुमंगला वेब पोर्टल लांच करने के साथ ही कुछ लाभार्थियों को चेक बांटे और प्रमाण पत्र भी दिये सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ योजना के बारे में अपनी प्रतिकिया व्यक्त करते हुए डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा बाइट जो कन्याएं हमारे समाज की बोझ मानी जाती थीं गरीब समझता था गरीबी अभिश्राप है और कहीं कन्या हो गयी तो उसकी चिंता होती थी लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू करके इन लड़कियों और लड़कों का भेद समाप्त किया और लड़कियां घर की बोझ नहीं हैं घर की लक्ष्मी होंगी इस योजना से पूरे प्रदेश गरीब को और बेटियों को फायदा होगा

इस अवसर पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल फिजी गणराज्य की उपसभापति एवं सांसद श्री वीना भटनागर केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रो भी उपस्थित रहेंगे गौरतलब है कि अयोध्या दीपोत्सव को इसी सप्ताह सरकार ने राज्य मेले का दर्जा दे दिया है जिसके चलते मेले का सारा प्रबंधन और खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा कार्यकम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थित को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रातः से दोपहर तक भगवान श्री राम के लीला चरित्र से जुड़ी विभिन्न झांकियों सहित भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जायेगा जो रामकथा पार्क में समाप्त होगी इसमें विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार भाग लेंगे अपरान्ह रामकथा पार्क में राम सीता का हेलीकॉप्टर से प्रतीकात्मक अवतरण और भरत मिलाप के कार्यकम आयोजित होंगे इसके अलावा राम जानकी पूजन और श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जायेगा

इस अवसर पर राम की पैड़ी पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो के द्वारा रामकथा का प्रदर्शन किया जायेगा सरयू पुल से आतिशबाजी का नजारा अपने आप में अद्वितीय होगा देर शाम भारत नेपाल श्रीलंका इंडोनेशिया और फिलीपींस की रामलीलाओं का मंचन यहां दर्शनीय होगा

आकाशवाणी लखनऊ से एक विशेष बातचीत में श्री मौर्य ने कहा बाइट इस वर्ष का दीप पर्व एक अलग प्रकार का महत्व रखता है अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि कके मुकदमें को लेकर के लम्बे समय से सभी संतों और सभी राम भक्तों की यह अपेक्षा थी कि उसकी सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो और उसका फैसला जल्द से जल्द आये और भगवान राम की कृपा से सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली है और जल्द ही फैसले की हम सबको अपेक्षा है इसलिए इस वर्ष की दीपावली तो एक अलग उत्साह से लोग मना रहे हैं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

उच्चतम न्यायालय ने देश की सभी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के बारे में एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायधीश एस ए बोबडे और एस ए नजीर की खंडपीठ ने इस याचिका के बारे में केंद्रीय कानून और न्याय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है यासमीन जुबैर अहमद पीरजादा की याचिका में महिलाओं को मस्जिदों में जाने की अनुमति देने के लिए सरकारी अधिकारियों और मुस्लिम संस्थाओं को निर्देश देने की अपील की गई है इसमें कहा गया है कि ऐसा ना किया जाना विभिन्न ब्रुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

आज धनतेरस है इसे धनवंतरि त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस में सोना चांदी या अन्य धातु खरीदने की परंपरा है दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है इस दिन घर में धन या सम्पत्ति का आना बहुत शुभ माना जाता है गांवों में आय का मुख्य स्रोत मवेशी होने की वजह से गांवों में मवेशियों को सुशोभित किया जाता है और किसानों द्वारा उसकी पूजा की जाती है इस अवसर पर बाजारों में खरीददारों की भारी भीड़ देखी जा रहो है लोग बड़ी संख्या में सोने चॉदी के साथ बरतनों को खरीदारी कर रहे हैं

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित विधानपरिषद सभापति रमेश यादव सहित विभिन्न लोगों ने इस अवसर पर लोगों को शुभ कामनाएं दी हैं